सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अयोध्या पहुंचकर मन्दिर भवन की आधारशिला रखेंगे

भ्मि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष रामचा अनुष्ठान किया गया

पूजन में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने सहभागिता की डिस्पैच प्रभू श्रीराम की नगरी में रामचरितमानस के पाठ के साथ ही राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं दीपोत्सव जोरो पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है राम की भक्ति में डूबे इस पौराणिक शहर को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा के मद्देनजर यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं शिलान्यास समारोह में आमंत्रित बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा बाइट माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन में आ रहे हैं गंगा जमुनी जो तहजीब अयोध्या में है हमेशा हम साधु संतों के बीच में रहे अयोध्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे क्योंकि हमारा धर्म जो है वह हर धर्म का सम्मान करता है सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी भूमिपूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है जोकि हमको भी न्यौता भिला हम प्रधानमंत्री जी के लिए यह जो है हिन्दू धर्म की जो बहुत नायाब किताब ले के आया हूं जो रामचरित मानस है और एक रामनामी दुपट्टा है यह हम जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में जो है रूपट्टा और यह रामायण हम पेश करेंगे श्रीराम मन्दिर निर्माण से अभिभूत लोग प्रदेश भर में अपने अपने घर पर रहकर मन्दिर निर्माण के लिए पूजा अर्चन कर रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ घरों पर दीये जलाकर दीपोत्सव मना रहे हैं ज्योति गूप्ता ने कहा बाइट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है राम मन्दिर का इससे पूरे विश्व को बहुत खुशी है हम लोगों को भी बहुत खुशी है हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी कर रखी है हर घर में दीया जलेगा मोमबत्तियां जलेंगी सारे घरों में झालर लग गये हैं झंडे लग रहे हैं और इसी के साथ अयोध्या और फैजाबाद का विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा सभी को रोजगार मिलेगा

वहीं लक्ष्मी का कहना है बाइट बहुत खूशी है और हम लोग दीया भी जलायेंगे और पूजा पाठ भी होगी और राम मंदिर के इतने वर्षो के बाद आई है हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतने खुश हैं हर एक चीज का चमत्कारी भी और जगह जगह हर एक चीज नरेन्द्र मोदी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना ने एक करोड रूपये का योगदान किया है शिवसेना ने बताया कि यह राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में अंतरित की गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे ने पहले हो इस बारे में घोषणा की थी

उन्होंने कहा कि इन बिस्तरों के लिए चिकित्साकर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जायें

उन्होंने हर जनपद में इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी रूप से कियाशील करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में सेंटर स्थापित होने के बावजूद कियाशील नहीं हैं वहां जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जायेगी मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर की चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा वहां वेंटीलेटर्स की संख्या में वुद्धि करने के निर्देश दिये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

प्रदेश में हो रही वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में वर्षा जल आने के कारण राज्य की कई नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार गंगा नदी बदायूॅ में कचला बिज शारदा नदी लखीमपुरखीरी में पलिया कला घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती गोरखपुर के बर्डघाट और रोहिनी महराजगंज के त्रिमोहानी घाट पर लाल निशान से ऊपर बह रही है राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां सिद्धार्थनगर के बांसी गोरखपुर के रिगौली और सिद्धार्थनगर के ककरही तथा क्वानो नदी संतकबीरनगर के मुखलिसपुर में ऊफान पर हैं

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता को सूखा राशन दिया जाये जलप्लावित गांवों में राशन किट वितरित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये

प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सप्ताह में चौबीसों घंटे और सातों दिन प्रसारित होने वाले डीडी असम चैनल का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के लिए इस तरह का समाचार चैनल होना बहुत जरूरी था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह परिकल्पना है कि पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का इंजन बने सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन फ्री डिश दर्शकों को एक सौ चार चैनल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है उन्हें सिर्फ सैटटॉप बॉक्स लेने को जरूरत है जिसके बाद वे बिना कोई भुगतान किए जीवनभर इन चैनलों के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं